प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत निवेश के लिए विश्व म सबसे आकर्षक स्थल बना रहेगा जापान यात्रा के आखिरी दिन आज श्री मोदी ने मेक इन इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप एंड इंडो जापान पार्टनरशिप इन अफ्रीका पर एक संगोष्ठी में ये बात कही उन्होंने बताया कि भारत विश्व बैंक के ईज ऑफ डूईग बिजनेस रिपोर्ट में सौवें स्थान पर पहुंच गया है

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में कारोबार करने के माहौल में और तेजी से सुधार होगा क्योंकि केन्द्र सरकार राज्यों और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में उद्यम स्थापित करने के लिए जापान के न केवल बड़े उद्योग घरानों बल्कि मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का भी स्वागत है

प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत के सॉफ्टवेयर के जापान के हार्डवेयर के साथ मेल से बहुत उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि भारत में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास से बेहतर माहौल बन रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इक्यावन प्रयागराज कुंभ शटल बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि यात्राएं आदिकाल से विकास का प्रमुख कारक रही है और प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्पित है

समझौते के अनुसार दो सौ सोलह मार्गो पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उत्तराखंड में एक लाख उन्तालीस हजार इकहत्तर किलोमीटर तथा उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के तीन सौ पैंतीस मार्गो पर कूल दो लाख बावन हजार पांच सौ बान्नवे किलोमीटर मार्गो पर बसों का संचालन किया जायेगा कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत और दोनों प्रदेशों के परिवहन मंत्री भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा है कि वे किसी भी योजना के निष्पादन के बारे में गलत आंकड़े नहीं दे

श्री योगी कल देर शाम वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के दौरान विकास कार्यो के स्थलीय निरीक्षण और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री शहरो आवास योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि आवास के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति धन की कमी के कारण छूटना नहीं चाहिए

श्री योगो ने निर्देश दिया कि आगामी समय में वाराणसी में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम होना है जिसमें देश और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आयेंगे इसलिए स्वच्छता मार्ग प्रकाश और निर्माण से संबंधित सभी कार्य समय से पूरे कर लिये जाये श्री योगी ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में दुनियाभर के एक सौ बान्नवे देशों को आमंत्रित किया गया है

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के पास जो ज्ञान और विज्ञान है वह दुनिया में किसी के पास नहीं है भारत विश्व गुरू था और आज फिर से विश्व गुरू बनने की ओर बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि इसके लिए देश की अर्थ व्यवस्था में आवश्यक तेजी भी आ रही है श्री सिंह ने कहा कि भारत का गौरव भारत में भारतीयता में और सांस्कृतिक एकजुटता में है जीवन में प्रगति के लिए ज्ञानार्जन ही सब कुछ नहों अच्छे संस्कार और मनोभाव का होना भी बहुत जरूरी है विचार बुद्धि से नहीं बल्कि मनोभाव से पैदा होते हैं उन्होंने कहा कि बुरे मनोभाव जीवन के लिए अत्यन्त घातक होते हैं इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि डिग्री पाने वाले छात्रों की दृष्टि से लगभग सवा छह लाख छात्र छात्राओं को डिग्रिया बांटकर आगरा विश्वविद्यालय सबसे आगे हैं उन्होंने कहा कि पदक हासिल करने वालों में अस्सी से पच्चासी प्रतिशत छात्राओं का होना महिला सशक्तिकरण का श्भ संकेत हैं इस अवसर पर चार डिलिट एक सौ ग्यारह पीएचडी चौरानवे एमफिल उपाधियों के साथ अन्य पदक और डिग्रिया वितरित की गई उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपीलों की सुनवाई की तारीख न्यायालय की एक उचित पीठ अगले वर्ष जनवरी में तय करेगी

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अच्छा होता कि न्यायालय में इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई जल्द शुरू हो जाती उन्होंने कहा कि इस मामले में देरी होना अच्छे संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने सुनवाई में देरी के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया प्रदेश की सभी चीनी मिलों का संचालन नवम्बर के पहले सप्ताह तक शुरू हो जायेगा

प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में बताया कि मोदीनगर की चीनी मिल में पेराई का काम दो दिन पहले ही शुरू हो चुका है और अगले सप्ताह तक अधिकांश चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो जायेगी

समाप्त